परिणाम शाम तक आने की उम्मीद है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 सुगम और बाधा रहित मतगणना के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं मतगणना केन्द्रों की त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है

इस बीच उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रत्येक विधानसभा से किन्ही पांच मतदान केन्द्रों का चयन कर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के मतों और मतदान पुष्टि पर्ची मशीन वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाएगा

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीके रतन ने आज शिमला में बताया कि सभी मतगणना केन्द्रों पर आवश्यक आधारभूत सुविधाएं और आबाधित बिजली आपूर्ति का प्रबंध सुनिश्चित कर लिया गया है उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतगणना को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया डीके रतन ने बताया कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले चम्बा जिला के चुराह चम्बा डलहौजी और भटियात की मतगणना राजकीय पॉलिटैक्निक कॉलेज चम्बा में होगी जबकि मण्डी संसदीय क्षेत्र में आने वाले भरमौर निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती भी इसी स्थान पर की जाएगी उन्होंने बताया कि इसी तरह कांगड़ा जिला के नूरपुर ज्वाली फतेहपुर और इंदौरा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना राजकीय आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर में जबकि सुलह पालमपुर जयसिंहपुर और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती कैप्टन विक्रम बतरा महाविद्यालय पालमपुर में और कांगड़ा शाहपुर व धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मशाला में होगी

कांग्रेस भाजपा और बहुजन समाज पार्टी ने चारों सीटों पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं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

रोहतांग जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा खुलने के बाद आज केलंग कुल्लू बस सेवा आरंभ हो गई है उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने केलंग से राज्य पथ परिवहन निगम की बस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष नवम्बर माह में बर्फबारी के बाद से बस सेवा बंद कर दी गई थी निगम के केलंग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगल चंद मनेपा ने बताया कि रोहतांग में अधिक बर्फ होने से पासिंग की दिक्कत आ रही है भेंट हिमाचल कैडर के लिए आबंटित किए गए पांच भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर्ज़ के एक बैच ने आज शिमला रिथत राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की राज्यपाल ने इन चयनित उम्मीदवारों से राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए समर्पण ईमानदारी और देशभक्ति के साथ कार्य करने का आग्रह किया आचार्य देवव्रत ने कहा कि राष्ट्र को इनसे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि भविष्य में यही मुख्य कार्यालयों का कार्यभार सम्भालेंगे